दस हजार सरकारी अस्पतालों में यह वैक्सीन मुफ्त लगायी जायेगी जबकि करीब बीस हजार निजी टीकाकरण केन्द्रों पर वैक्सीन का खर्च लोगों को वहन करना होगा

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों को स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सूचीबद्ध सभी निजी अस्पतालों को कोविड टीकाकरण केन्द्र बनाने की छूट होगी राज्य सरकारें सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वास्थ्य केन्द्रों और सभी सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों का इस्तेमाल कोविड टीकाकरण केन्द्र के रूप में कर सकती हैं सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को पंजीकरण की प्रक्रिया के तीनों तरीकों के बारे में बताया जा चुका है

इसके कोविड टीकाकरण केन्द्र के रूप में दर्ज सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में उपलब्ध तारीख और समय का पता चल जाएगा सभी लाभार्थी अपनी सुविधा अनुसार कोविड टीकाकरण केन्द्र चुन सकते हैं और टीका लगवाने का समय प्राप्त कर सकते हैं प्रत्येक डोज के लिए एक व्यक्ति एक बार समय ले सकता है किसी भी तारीख में समय लेने की प्रक्रिया तीन बजे बंद हो जायेगी दूसरा तरीके में जो लोग खुद पंजीकृत नहीं कर सकते उन्हें पंजीकरण के लिए कोविड टीकाकरण केंद्र जाना होगा और उसके बाद वे पंजीकरण कराकर टीका लगवा सकते हैं तीसरी प्रक्रिया के तहत राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारें टीकाकरण के लिए मानदंड तय करेगी स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को इसके बारे में विस्तार से बताया है कि कोविड टीकाकरण केन्द्र के रूप में कार्य कर रहे सभी निजी अस्पताल प्रत्येक व्यक्ति से प्रति डोज दो सौ पचास रुपये से ज्यादा नहीं ले सकते हैं इस राशि का भुगतान इलैक्ट्रोनिक माध्यम से ही किया जा सकता है

सभी निजी अस्पतालों के पास पर्याप्त जगह सभी तरह की सुविधा टीका लगाने वालों की संख्या और संबंधित कर्मचारियों सहित सभी व्यवस्थाएं होनी चाहिए

एक पन्ने का यह प्रमाणपत्र संबंधित पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी से सत्यापित होना चाहिए

एक ट्वीट में श्री मोदी ने यह जानकारी दी

श्री मोदी ने लोगों से अपील की कि जो भी वैक्सीन लेने के पात्र हैं वे सभी टीका लगवाये और हम सब मिलकर भारत को कोविड मुक्त बनायें झारखंड में भी कोराना टीकाकरण के अगले चरण की आज से शुरुआत होगी

जिला महामारी रोग नियंत्रण विभाग के प्रभारी डॉ राजकुमार सिंह ने बताया कि टीकाकरण के लिए निजी अस्पतालों में आयुष्मान भारत से निबंधित कार्मिक नगर स्थित जिला अस्पताल सिटी सेंटर स्थित जालान अस्पताल और जोड़ा फाटक स्थित पाटलिपुत्र नर्सिंग होम का चयन किया गया है सदर अस्पताल सहित सभी आठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टीके बिल्कुल निशुल्क लगाए जाएंगे

इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़े बुजुर्गों का नाम उपलब्ध कराया जाएगा

रामगढ़ जिले में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है

इसके लिए सोलर प्लांट और पंप स्टोरेज जैसे पावर स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा

डीवीसी के चेयरमैन रामनरेश सिंह ने कल धनबाद के मैथन में पत्रकारों के साथ बात करते हुए यह जानकारी दी

वित्त मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि अंतिम तिथि का विस्तार चुनाव आयोग की अनुमति से किया गया है

इसमें राज्यपाल द्रौपदी मुम्नू ऑनलाइन शामिल होंगी

यह डिग्री स्नाकोत्तर सत्र दो हजार अठारह बीस और स्नातक सत्र दो हजार सत्रह बीस के टॉप विद्यार्थियों को दी जायेगी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स में चल रहे राष्ट्रीय सीनियर वुशु चैंपियनशिप के तीसरे दिन कल झारखंड के खिलाड़ियों ने तीन पदक अपने नाम किए झारखंड की गीता खलखो ने नानदाउ में स्वर्ण और नामक्वान में रजक पदक जीता वहीं मीनू मुंडा ने भी अपने वर्ग में कांस्य पदक पर कब्जा जमाया इसके साथ ही अब तक झारखंड के नाम क्ल पांच पदक हो चुके हैं गोड्डा जिले के महागामा प्रखंड के राजेंद्र स्टेडियम ऊर्जानगर में राज्य स्तरीय जुनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ इस प्रतियोगिता में राज्य के सभी जिलों के बालक बालिका टीम ने भाग लिया चार दिनों तक चले इस हैंडबॉल जूनियर वर्ग ट्र्नामेंट में बालक वर्ग में टाटा ट्रेनिंग सेंटर ने पूर्वी सिंहभूम को हराकर प्रथम स्थान प्राप्त किया बालिका वर्ग में अर्बन सर्विसेज टाटा ने टाटा ट्रेनिंग सेंटर को हराकर प्रथम स्थान प्राप्त किया